श्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत प्रयोजन समायोजन अवसंरचना निवेश और नवप्रवर्तन के जरिये विकास की राह पर आगे बढ़ेगा और आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल करेगा

लॉकडाउन के पहले चरण के बाद से औदयोगिक संगठनों के सदस्यों के समक्ष अपने पहले महत्वपूर्ण भाषण में प्रधानमंत्री ने लोगों की जीवन रक्षा और देश की अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने की आवश्यकता पर जोर दिया प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है उन्होंने उदयोगों और लोगों से आग्रह किया कि वे परीक्षा की इस कठिन घड़ी में भारत को भरोसेमंद देश के रूप में उभारने के प्रयास करें प्रधानमंत्री ने देश में मजबूत स्थानीय सप्लाई चेन कायम करने का आग्रह करते हए विश्व की सप्लाई चेन में भारत का हिस्सा बढ़ाये जाने का भी आग्रह किया उन्होंने मेड इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड का आहवान करते हए देश को आतुमनिर्भर बनाने पर बल दिया

इस सीट से कांग्रेस के म्क्त मिथि सदस्य हैं जिनका कार्यकाल तेइस जून दो हजार बीस को समाप्त हो रहा है जारी अधिसूचना के अन्सार नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि नौ जून दो हजार बीस हैं नामांकन पत्रों की जांच दस जून को होगी और बारह जून तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं जरुरत पड़ने पर उन्नीस जून दो हजार बीस को मतदान कराया जायेगा और बाईस जून से पहले निर्वाचन प्रक्रिया पूरी करनी होगी च्नाव कराने के लिए भारतीय च्नाव आयोग ने अरुणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा के सचिव के हाब्ंग को रिटर्निंग ऑफिसर और संय्क्त सचिव अगाब मोसांग को असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर निय्क्त किया है

इधर अरुणाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के पांच नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कोविड से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या सत्ताईस हो गई है जिसमें से छब्बीस सक्रिय मामले हैं और एक व्यक्ति इलाज के बाद स्वस्थ् हो चुका है अपने ट्वीट संदेश में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बताया कि आज मिले सेंपल जांच रिपोर्ट के अन्सार ईटानगर के चार और लोहित जिले के एक सेंपल की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है

विधायको ने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक में क्वारेंटिन सेंटर्स से ज्ड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की

इस अवसर पर राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के निदेशक डॉ एम लेगो तोमो रिबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान के निदेशक मोजी जिनी वरिष्ठ चिकित्सक डॉ एल जम्पा एमी रुमी त्म्गे लोई दिप् लोवांग सहित कई चिकित्सक और मीडिया कर्मी मौजूद थे कोविड की जांच और ईलाज में लगे चिकित्सकों ने राज्य के विभिन्न चेकगेट पर बाहर से आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग और तीन स्तरीय कोविड स्विधाओं कोविड केयर सेंटर डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर और डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के बारे में जानकारी दी ट्रिम्स के निदेशक मोजी जिनी ने कहा कि फेक न्यूज से कोविड महामारी के बारे में बहत से लोग ग्मराह हो रहे है और इस च्नौती से निपटने में मीडिया कर्मियों की भूमिका महत्वपूर्ण है

राज्य सरकार संस्थागत क्वारेंटिन में रह रहे व्यक्ति को आर टी पी सी आर टस्ट में निगेटिव मिलने पर चौदह दिनों के लिए अनिवार्य रुप से होम क्वारेंटिन के लिए भेज रही है देबिंग गांव में स्थानीय लोगों दवारा तैयार की गई क्वारेंटिन स्विधा का लाभ संस्थागत क्वारेंटिन से निकलने वाले इस गांव के लोगों को मिलेगा